उत्तरकाशी में नदी किनारे स्थित उद्योगों को चिहिन्त करने के साथ उनका कचरा नदी क्षेत्र में न डालने के निर्देश दिए गए

रूरबन मिशन प्रदेश में नेशनल रूरबन मिशन के अंतर्गत टिहरी जिले के धनोल्टी उधमसिंह नगर के जनजातीय क्षेत्र और बागेश्वर के कौसानी का चयन किया गया है यह जानकारी मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय में मिशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी उन्होंने इन क्षेत्रों के क्लस्टर को मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सहभागिता से गांव के क्लस्टर को इस तरह से विकसित किया जाय कि देश विदेश के पर्यटकों को वहां आकर्षित किया जा सके

बैठक में बताया गया कि थीम के आधार पर सभी गांवों का विकास किया जाएगा इसके साथ ही उधमसिंह नगर के परंपरागत थारू गांव और कौसानी में कृषि पर्यटन विकसित करने के निर्देश भी दिए गए मुख्य सचिव ने कहा की इन गांवों में होम स्टे को बढ़ावा दिया जाय इससे जहां गावों वालों की आमदनी बढ़ेगी वहीं पर्यटकों को गांवों की परंपरागत झलक भी मिलेगी साथ ही पर्यटकों को स्थानीय लोगों के खानपान पहनावे रहन सहन और संस्कृति से रु ब रु होने का मौका मिलेगा उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है प्रदेश के द्रस्थ इलाकों में अपना जीवन यापन कर रहे लोग खाना पकाने के लिए जलावन लकड़ी की जरूरत जंगलों से ही पूरी करते थे लेकिन प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उज्जवला योजना से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है इस योजना के तहत पौड़ी की पैड़ुलस्यूं पट्टी के पैड़ुल और अयाल गांवों के पात्र परिवारों को धूए से निजात मिली है वहीं जंगलों से लकड़ी लाने पर जंगली जानवरों के डर से भी छटकारा मिला है खासकर उज्ज्वला योजना से महिलाओं को बड़ी सुविधा हो गई है पहले लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाते हुए महिलाओं को धुंए का सामना करना पड़ता था जिससे ग्रामीण महिलाओं में दमा कम दिखना आदि समस्याएं होने लगती थीं लेकिन अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को खाना बनाने में सह्लियत होने लगी है गांव की पवना देवी बताती हैं कि जब से उन्हे गैस कनैक्शन मिला है उन्हें खाना बनाने में सुविधा मिल रही है केंद्र सरकार की इस योजना से जंगलों का कटान भी रुकने लगा है और पर्यावरण सरंक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है

भ्रष्टाचार के प्रति अपनी सरकार की जीरो टालरेंस की नीति को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि घोटाले में लिप्त व्यक्ति चाहे निचले स्तर का कर्मचारी हो या कोई बड़ा नौकरशाह उसे कार्रवाई का सामना करना होगा देहरादून में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी हालत में भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं किया जायेगा

निरीक्षण उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने गंगोत्री धाम का दौरा कर वहां बने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया और निर्माण में पाई गई कमियों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिये

जिलाधिकारी ने गंगनानी डबरानी और नेताला में सड़क की खराब हालात को देखते हुए बीआरओ को जल्द सड़क ठीक करने के निर्देश दिये

नमामि गंगे उत्तरकाशी में आज नमामि गंगे परियोजना की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे एनजीटी के निर्देशों का अध्ययन कर रिर्पोट प्रस्तुत करें उन्होंने महाप्रबंधक उद्योग को नदी किनारे स्थित उद्योगों को चिहिन्त् करने के निर्देश देते हुए कहा कि उद्योगों का गंदा पानी और कचरा नदी क्षेत्र में न डालें

जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत को पॉलीथिन थर्माकोल प्लास्टिक आदि पर पूरा प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश दिए नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को आज अपना नवनिर्मित भवन मिल गया है देहरादून के आईटी पार्क कम्पाउंड में नाबार्ड के चैयरमैन डॉ हर्ष भनवाला ने नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य कृषि ग्रामीण विकास लघ् और कटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर गांवों को खुशहाल बनाना है उत्तराखंड के क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक एसी श्रीवास्तव ने कहा कि नाबार्ड उत्तराखंड के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कार्यशाला पिथौरागढ़ में उद्यान और खाद्य प्रशिक्षण विभाग और रक्षा जैव अनुसंधान संस्था के तत्वाधान में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा सब्जी और चारा उत्पादन के बारे में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गाया इसका शुभारम्भ करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि इस तकनीक का प्रयोग विकसित देशों में पहले से ही किया जा रहा है वहां के किसान इसके माध्यम से कम लागत में अधिक उत्पादन कर ज्यादा लाभ ले रहे हैं

भाजपा खण्डन प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया कि केंद्र सरकार षड्यंत्र के तहत उसके उन नेताओं को फंसाने का कम कर रही है जिनको आयकर विभाग ने नोटिस भेजे हैं आयकर नोटिस मामले पर कांग्रेस नेताओं के आरोपों का जवाब देते हए उन्होंने कहा कि आयकर विभाग काफी जांच पड़ताल के बाद किसी मज़बूत आधार पर ही नोटिस देता है

राज्य के कुछ स्थानों में भारी बारिश के चलते प्रमुख नदियां और गाढ़ गदेरे उफान पर हैं

वहीं ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले एक सप्ताह से उत्तरकाशी के डाबरकोट के पास मलवा आने से बंद पड़ा है जिसे खोलने का काम जारी है तीर्थयात्री त्रिखला कुपड़ा वैकल्पिक मार्ग से यमुनोत्री धाम के लिए जा रहे हैं राज्य के कई स्थानों में आज मध्यम से भारी बारिश होने की खबर है

जुर्माना बागेश्वर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बेकरियों और अन्य दुकानों से पनीर दूध और मिठाइयों के कुछ नमूने लिए थे जिनमें जांच के बाद मिलावट पाई गई इस पर कार्रवाई करते हुए कंपनी और विक्रेताओं पर भारी जुर्माना लगाया गया